केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बच्चों के खिलाफ यौन अपराध का दंड कड़ा करने के उद्देश्य से बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम पॉक्सो में संशोधन को दी मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिये कल लोगों से करेंगे अपने विचार साझा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज प्रदेश के गाजीपुर और वाराणसी जिलों के एक दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज गाजीपूर में राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे और महाराजा सुहेलदेव पर एक स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे इसके बाद श्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री इसके बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे जहां वे पूर्वी भारत के सबसे बड़े अतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केन्द्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे इसके बाद श्री मोदी पंडित दीनदयाल हस्तकला संक्ल में एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम में भाग लेंगे तथा यहां स्थित अटल सभागार में हस्तशिल्पियों तथा बुनकरों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री श्री मोदी के दौरे के बारे में हमारे संवाददाता ने बताया गाजीपूर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महाराजा सुहेलदेव के नाम पर एक स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे महाराजा यहां सम्मानीय रहे और राजभर समुदाय के संरक्षक कहे जाते हैं श्री मोदी यहां एक मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखेंगे इससे यहां विकित्सा रिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास के नए दौर खुलेगे

जिस मैदान में श्री मोदी को सम्बोधित करेंगे उसे सुरक्षा के लिहाज से उन्तालिस सेक्टरो में बांटा गया है मुल्तान सिंह यादव आकाशवाणी समाचार गाजीपुर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के लिए दंड कड़ा करने के उद्देश्य से बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम में संशोधन की मंजूरी दे दी है कल नई दिल्ली में कैंबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह जानकारी दी श्री प्रसाद ने कहा कि बाल यौन अपराध की प्रवृति को रोकने के उद्देश्य से एक निवारक के रूप में कार्य करने के लिए इस अधिनियम की धाराओं में संशोधन करने का प्रस्ताव है बच्चों को सेक्सुशिल हमले से बचाया जाए

दंड की अवधि को बढाया है जो एग्रावेटिड सेक्सुअल ऑफेसेंस होते हैं उसमें डेथ पेनाल्टीइ भी दिया है जो बच्चोंज के साथ बाकि जो अननेचुरल ऑफेसेंस होते हैं उसको भी काफी मजबूत किया गया है श्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि सरकार ने पृथ्वी की निचली कक्षा में भारतीय मानव अंतरिक्ष यान क्षमता प्रदर्शित करने वाले गगनयान कार्यक्रम को भी मंजूरी दी है मानव निर्धारित जीएसएलवी एमके तीन का उपयोग कक्षा मॉड्यूल को ले जाने में होगा उन्होने ने कहा कि गगनयान कार्यक्रम के अंतर्गत दो मानवरहित उड़ानें तथा एक मानवचालित उड़ान शामिल होंगी कैबिनेट ने भारतीय चिकित्साी प्रणालियों के लिए राष्ट्रीय आयोग एनसीआईएम विघेयक दो हजार अट्ठारह के मसौदे को मंजूरी दी जिसका उद्देश्यय मौजूदा नियामक भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद सीसीआईएम के स्थान पर एक नया निकाय गठित करना है विधेयक के मसौदे में सामान्य प्रवेश परीक्षा और एक एक्जिट परीक्षा का प्रस्ताव भी किया गया है जो सभी स्नातकों को पास करनी होगी

कैबिनेट ने राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग विधेयक दो हजार अट्ठारह का भी अनुमोदन किया

लोकसभा में भाजपा सदस्य प्रहलाद सिंह पटेल के निजी विघेयक टेलीविजन प्रसारण कंपनीनियमन दो हजार पन्द्रह पर बहस का जवाब देते हुए कर्नल राठौड़ ने कहा कि आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने वाले चैनलों का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है अगर आपको कहीं पर लगता है तो तुरंत उसकी अगर कम्पलेन करी जाये तो उसके ऊपर सख्त कदम उठाये जा सकते हैं जो पनिशमेंट हैं काफी सीवियर पनिशमेंट हैं और हम कई बार उन्हीं के सेल्फ रेग्यूलेंटिग बॉडी को बताते हैं और वो उसके ऊपर एक्शन भी लेते हैं और साथ साथ अगर आईएमसी उसके ऊपर इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी उस पर एक्शन ले तो बड़े सीवियर पनिशमेंट हैं उदाहरण के तौर पर एक महीना दो महीना या तीन तीन महीने तक उसको या पूरा लाइसेंस विद्वॉ कर लेना ये उसके अंदर पनिशमेंट्स हैं

मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों से अपने सराहनीय कार्यो के द्वारा प्रदेश पूलिस की गौरवशाली परम्परा को आगे बढ़ाने में सहयोग का आहवान किया है उन्होंने कहा कि पुलिस वीक का यह कार्यक्रम फील्ड में तैनात पुलिस अधिकारियों और मुख्यालय में कार्यरत वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बातचीत और एक दूसरे के अनुभव को साझा करने तथा संवाद का बेहतर माध्यम है मुख्यमंत्री ने अपराधों को रोकने के लिये तकनीक विकसित करने की जरूरत पर बल दिया उन्होंने पुलिस कर्मियों से जन शिकायतों की सुनवाई और उसके प्रभावी तरीके से निस्तारण को कार्यशैली का हिस्सा बनाने की भी अपील की

श्री नाईक सीतापुर में कल चांदपुर महमूदाबाद स्थित एक कॉलेज द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में बोल रहे थे इस अवसर पर राज्यपाल ने मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार में मंत्री के निजी सचिवों द्वारा रिश्वत मांगे जाने के प्रकरण पर कहा कि मामले के संज्ञान में आते ही मुख्यमंत्री ने तत्काल जांच समिति गठित कर निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश दिये हैं

इसके तहत बढ़ई दर्जी टोकरी बुनकर नाई सुनार लोहार कुम्हार हलवाई मोची राजमिस्त्री और हस्तशिल्पियों के आजीविका के संसाधनों को सुदृढ़ करते हुए उनके जीवन स्तर को उन्नत किया जायेगा साथ ही इस योजना को एक जिला एक उत्पाद योजना से भी जोड़ा गया है योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शी सिद्वान्त जारी कर दिये गये हैं

इसमें कुल चार सौ तीस बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया इस रोजगार मेला में कुल एक हजार तीन सौ सात अभ्यर्थी शामिल हुए साक्षात्कार के माध्यम से चार सौ तीस का चयन किया गया

एक शासनादेश के अनुसार इस प्रयोजन हेतु कुल पच्चीस करोड़ बारह लाख रुपये प्राविधानित हैं जिसकी पहली किस्त पूर्व में ही निर्गत की जा चुकी है

धनौरा मंडी थाने में गत छब्बीस दिसम्बर को पुलिस हिरासत में दलित युवक की मौत से संबंधित मीडिया की खबरों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर चार हफ्ते के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है गौरतलब है कि पुलिस ने चोरी के एक मामले में दलित युवक को गत तेईस दिसम्बर को गिरफ्तार किया था